सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर वोटरों से संपर्क कर पाएंगे चुनाव अधिकारी संजीव धीमान ने बताया कि मतदान केंद्रों के लिए चुनाव सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी

राज्य चुनाव आयोग ने साढ़े पांच सौ पोलिंग पार्टियां तैनात की हैं

इसके बाद एक घंटे का समय कोविड संक्रमित वोटरों को वोट देने के लिए रखा गया है मतदान के तुरंत बाद मतों की गिनती होगी और फिर चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आज मण्डी जिला के प्रवास पर हैं जयराम ठाकुर राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुन्दरनगर के छात्रावास भवन का लोकार्पण करेंगे

ईस्टर का पर्व आज विश्वभर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्ट संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने एक संदेश में कहा कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का यह पर्व पूरे विश्व में हर्षोल्ला्स से मनाया जाता है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति प्रेम और आपसी भाई चारे के गुण को अपनाएं ताकि समाज में प्रेम और सौहार्द की डोर मजबूत हो तथा देश में ख्रशहाली बढे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनियाभर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है सीएम की रैली कांग्रेस के नारे सोलन में नगर निगम चुनाव प्रचार पर बिगड़ा माहौल

पंजाब केसरी के शब्द हैं शिक्षण संस्थानों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टॉफ को नियमित तौर पर आना होगा डयूटी पर आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है नगर निगम चुनाव में साफ होगी कांग्रे स दिव्य हिमाचल लिखता है प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी पहली जून से अखबार की एक अन्य खबर है प्रदेश में फिर भूकंप के झटके लाहौल की धरती आधी रात डोली मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं मौसम का अप्रैल कूल उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से प्रदेश की रातें हुई ठंडी आपका फैसला के अनुसार हिमाचल में आज से मौसम खराब दैनिक भास्कर की एक खबर है घर्मशाला के ज्वाली में पूलिस कर्मियों ने साथी जवान को पीटा